स्रक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैतालीस वर्ष से अधिक आय् के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया जारी है और को विन प्लेटफॉर्म तथा आरोग्य सेत् एप पर पंजीकरण कराये जा सकते हैं

केंद्र सरकार के टीकाकरण केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मचारी अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और पैंतालीस वर्ष से अधिक आय् के सभी लोगों का निश्ल्क टीकाकरण पहले की तरह ही जारी रहेगा

राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार पिछले चौबीस घंटे में प्रदेश में कोविड के एक सौ तिरसठ नए मामले सामने आए और उनचास रोगि स्वस्थ्य हए राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर एक हजार दो सौ छब्बीस हो गई है और रिकवरी दर घटकर तिरानबे दशमलव शून्य दो प्रतिशत रह गई है शुक्रवार को राज्यभर से कोविड जांच के लिए तीन हजार तीन सौ तिरसठ सैंपल एकत्र किए गए है प्रदेश में कोरोना के आए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सैतालीस लोअर दिबांग वैली से अड्डाईस चांगलांग से चौदह लोअर सुबनसिरी से तेरह पाप्मपारे से बारह वेस्ट कामेंग से दस तवांग से सात लोहित अंजाव और अपर स्बनसिरी जिले से पांच पांच अपर सियांग से चार तिराप और ईस्ट सियांग से तीन तीन वेस्ट सियांग और लोंगडिंग से दो दो दिबांग वैली लेपारादा और नामसाई से एक एक मामले शामिल है जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से बाईस लोअर दिबांग वैली से तेरह ईस्ट सियांग से छह लोअर स्बनसिरी से पांच चांगलांग पाप्मपारे और लोहित जिले से एक एक रोगी शामिल हैं

उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न अधिकारप्राप्त समूहों के कामकाज की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की आर्थिक और कल्याण उपायों पर अधिकार प्राप्त समूह ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार जैसे कदमों पर प्रधानमंत्री के सामने विवरण प्रस्त्त किया बैठक में कहा गया कि वन नेशन वन राशन कार्ड पहल से अधिक लोगों को फायदा हआ है अग्रिम पंक्ति स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए बीमा योजना को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है

जिला मजिस्ट्रेट तालो पोतम द्वारा जारी आदेश के अन्सार नाईट कर्फ्य् के दौरान केवल आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को ही छूट दी जाएगी म्ख्यमंत्री पेमा खाण्ड् ने अपने एक ट्वीट में ईटानगर राजधानी क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति से कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए लोगों से नाईट कर्फ्यू के नियमों का पालन करने की अपील की इधर राजधानी क्षेत्र जिला उपायुक्त तालो पोतम ने कोविड महामारी के दौरान कुछ व्यापारियों दवारा आवश्यक वस्त्ओं की कालाबाजारी की रिपोर्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ऐसे मामलों में लिप्त पाए जाने पर व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है

श्रमिकों के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए यह दिवस विश्वभर में मनाया जाता है इस अवसर पर राज्यपाल डॉबीडीमिश्रा और म्ख्यमंत्री पेमा खाण्ड् ने राज्य के श्रमिकों को श्भकामनाएं देते हुए उनके कल्याण के प्रति वचनबद्धता व्यक्त किया है ईटानगर के सोल्ंग ग्राउंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण कार्य कल्याण कामगार बोर्ड के अध्यक्ष न्यातो द्वकम ने राज्य के विकास में कामगारों के योगदान को याद किया